इससे पहले आज शाम भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आयोजित की जायेगी

जनसंवाद के दौरान दिव्यांगों को स्कूटी और स्मार्ट मोबाइल के साथ अनुजा निगम द्वारा इन वर्गों के युवाओं को रोजगार के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देकर टैक्सी और ट्रैक्टर की चाबी मुख्यमंत्री लाभार्थियों को प्रदान करेंगी

उन्होंने बताया कि विमान का पायलट समय रहते पैराशूट की मदद से बच निकलने में सफल रहा उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चला है इसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के गठन का आदेश दिया गया है

उपराष्ट्रपति ऐम वैंकेया नायडू कल नई दिल्ली में एक समारोह में इन शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे

नये कलेवर के अनुरूप पारदर्शिता निष्पक्षता उत्कृष्टता और प्रदर्शन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आधार बनाया गया है

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि चूरू हनुमानगढ और झुन्झुनू जिलों के कलेक्टरों का सम्मान किया जायेगा

इससे पहले आज जयप्र के बिड़ला सभागार में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या सृजन का आयोजन किया जाएगा इसमें शिक्षक कलाकारो द्वारा लोक और ंशास्त्रीय संगीत नृत्य तथा नाट्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाएगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कल नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में यह बात कही

उन्होंने बताया कि सरकार ने टी बी के मरीजों के पोषण का कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके तहत इलाज के दौरान उन्हें पोषक तत्व दिए जायें गे

श्रीमती किरण ने कल श्रीगंगानगर में पत्रकारों को बताया कि यह रिपोर्ट नवम्बर्र में राज्य सरकार को सौंपी जाएगी इस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं को आर्थिक रुप से मजबूत करने विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले बजट के सदूपयोग और उसमें पारदर्शिता लाने संबंधी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए है

जिले में अवैध मादक पदार्थो की रोकथाम के लिये चलाये जा रहे ै अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई